वे आज शिमला में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन विषय पर आयोजित नाबार्ड स्टेट केडिट सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने बैंको को प्रदेश के सभी पात्र किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान केडिट कार्ड जारी करने पर बल दिया

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कृषि नीति लाने पर विचार कर रही है बिक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑनलाईन माध्यमों से उपलब्ध करवाने की संभावानाओं पर कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है आज शिमला में राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर हस्तशिल्प व हथकरघा और पारंपरिक खिलौना कला से जूड़े कारीगरों के कलस्टर बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करें उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के खिलौना उद्योग को प्रात्साहित करने पर बल दिया

वे आज समग्र शिक्षा विभाग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कला उत्सव एक विरासत कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये उत्सव विद्यार्थियों में भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसकी जिवंत विविधता के प्रति जागरूकता लाने और उत्सव मनाने का मंच तैयार करता है अभियान लाहौल प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान के तहत कोरोना सहित क्षय रोग व अन्य गंभीर बिमारियों की जानकारी जुटाई जा रही है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड व बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य कर्मी व आशा कार्यकर्ता लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक व इसकी जांच कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विपक्षी दलों को किसानों की आड़ में षड़यंत्र की राजनीति छोड़कर राजधर्म का पालन करने की सलाह दी है हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि विधेयकों से किसानों की आय दोगूनी होगी उन्होंने इन विधेयकों को कृषि प्राथमिकता और किसान हित के लिए सर्वोपरी बताते हुए किसानों की आय बढ़ाने में मोदी सरकार का साहसिक निर्णय बताया है धूमल ने कहा है कि इन कानूनों के लागू होने से जहां आधूनिक टेकनोलॉजी का विस्तार होगा वहीं अन्नदाता केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से अधिक सशक्त बनेगा